प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने के लिए कहा ताकि वे स्वयं और उनके परिजन स्वस्थ रहें

श्री मोदी ने ट्वीट के जरिए लोगों को इसके प्रति सावधान रहने को कहा है

एसोचौम फिक्की सीआईआई और देशभर के अट्टारह शहरों के कई स्थानीय परिसंघों के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाद में कल श्री मोदी ने कहा कि जहां तक सम्भव हो वे टेक्नोलोजी का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों को घर पर रहकर काम करने को कहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों से कोरोना वायरस के संकमण से बचाव के लिए अपने अपने घरों में रहने की अपील की है श्री सोरेन ने कहा है कि लोग समाजिक दूरी बनाकर रखें ताकि संकमण से बचा जा सके झारखण्ड सरकार ने एहतियात के तौर पे कई कड़े निर्णय लिये हैं

राज्य में अबतक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया हैं वहीं कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने शहर से लेकर पंचायत स्तर तक वॉर रूम खोलने का निर्णय लिया है ये वॉर रूम सूचना भवन में खोले जायेंगे जहां से आम लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित सूचनाएं दी जायेंगी इसके लिए राज्य जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पर समन्वय समितियों का गठन किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस समिति के अध्यक्ष हैं समिति में स्वास्थ्य मंत्री मुख्य सचिव विकास आयुक्त गृह स्वास्थ्य श्रम और पीआरडी के सचिव रिम्स के निदेषक सदस्य बनाये गये हैं यह समिति कोरोना पर प्रतिदिन स्थिति की समीक्षा कर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देगी जिसके आधार पर मुख्यमंत्री हर रोज शाम छह बजे आम जनता के लिए बुलेटिन जारी करेंगे

सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस संकट को देखते हुए लिया है यह प्रतिबंध मालवाहक उड़ानों अपतटीय हैलीकॉप्टर ऑपरेशनों मेडिकल इवैकुएशन उड़नों अथवा नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर लागू नहीं होगा कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लॉकडाउन के आदेष का पालन कराने के लिए आज से सख्ती बरती जायेगी मुख्य सचिव डीके तिवारी ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देष जारी करते हुए कहा है कि राज्य में धारा एक सौ चौवालीस और एक सौ अठासी लागू है इसके बाद भी लोग लॉकडाउन और निषेधाज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं उन्होंने लोगों से अपील की है कि लोग बेवजह घर से बाहर ना निकलें उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों को निर्देष दिया है कि वे हर हाल में लॉकडाउन का पालन करायें मुख्यमंत्री कल राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से कोरोना की रिथित की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देष दिया है कि राज्य में गरीबों दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों को चिन्हित कर उनके घर खाने की व्यवस्था करें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

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी निजी और सार्वजनिक उपक्रमों को परामर्श जारी किया है कि वे अपने कर्मचारियों का वेतन न काटें और उन्हें सवैतनिक छुट्टी दें यदि कोई श्रमिक छुट्टी लेता है तो उस अवधि का उसका वेतन न काटा जाए

कर्मचारी निधि कोष संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को पेंशन समय पर दिए जाने का निर्देश दिया है देश के विभिन्न भागों में लॉकडाउन के मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है

इस कार्यक्रम के प्रसारण का समय सुबह आठ से नौ बजे तक रहेगा शाम को यह कार्यक्रम आठ बजे से नौ बजे तक प्रसारित किया जाएगा और उसके तुरंत बाद हिंदी और अंग्रेजी में पांच पांच मिनट के समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे और अब संक्षिप्त खबरें चतरा जिले में लॉकडाउन को लेकर लोग आवष्यक सामान की जुगाड़ में जुट गये हैं वहीं बाजारों में कालाबाजारी भी शुरू हो गई है कुछ दुकानदार आपदा की रिथिति का फायदा उठाकर दोगुनी दाम में सामान बेच रहे हैं

छब्बीस मार्च तक मौसम शुष्क रहेगा लेकिन इसके बाद बारिष के आसार हैं